चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ आज से चैत्र नवरात्र शुरू कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ हो रहे हैं धार्मिक आयोजन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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं

टीकाकरण केन्द्रों की संख्या में भी कल इजाफा हुआ

डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि पंजीकरण शिविर अब ग्राम पंचायत के साथ साथ गांवो में तथा शहरी क्षेत्रो में वार्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे

बोर्ड अध्यक्ष डॉ डी पी जारोली ने बताया कि ऐसे जिलों में सीनियर र्सैकण्डरी स्तर की प्रायोगिक परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाओं के बाद होंगी

प्रदेश में आज से शक्तिपीठों मंदिरों और घरों में घट स्थापना के साथ नौ दिन तक मां के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी वहीं आज चेटीचंड का पर्व भी पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है बीकानेर में सिंधी समाज ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शोभायात्रा के साथ अन्य बड़े आयोजन रद्द कर दिए हैं इस मौके पर सीमित लोगों की उपस्थिति में धार्मिक आयोजन होंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में मनाए जा रहे चैत्र शुक्लादि उगादी गुडी पडवा चेटी चंड वैशाखी विशु नवरेह और साजिबू चेरोबा पर्वो पर देशवासियों को बधाई दी है

श्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देशभर में लोग विभिन्न त्यौहार मनाएंगे उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भारत की विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चेटीचंड के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है

श्री चंद्र आज अपना कार्यभार संभाल लेंगे वे सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे

मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभागों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है